इस बैठक में ग्राम पचायत और पंचायत समितियों के पुनर्गठन पर जिला कलेक्टरों द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट राजस्व मंत्री हरीश चौधरी नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल सामाजिक कल्याण मंत्री भंवर लाल मेघवाल और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह भाग ले रहे है

अजमेर के संभागीय आयुक्त एल एन मीना ने कहा कि यदि माहौल सौहार्दपूर्ण रहा तो ढील की अवधि को बढाया जा सकता है फिलहाल इंटरनेट सेवाए बंद रहेगी गौरतलब है कि विजयादशमी पर शोभायात्रा को दौरान दो समुदायों में पथराव के बाद यहां तनाव की रिथिति बन गई थी

शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर लम्बे समय से प्रक्रियाधीन इस भर्ती के लिए अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही कर पदस्थापन कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं

आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतुक गांव सुपा में किया जायेगा श्री सुपा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे है

हमारे संवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि यहां से राज्य के सरिस्का मुकुंदरा और बूंदी जिले के रामगढ विषधारी अभ्यारण्य में बाघो को शिफ्ट किया जायेगा

इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

इसका शुभारम्भ पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने किया इस दौरान कई मंत्री और अधिकारी मौजूद थे कार्यक्रम में प्रदेश की मशहूर गायिका रजनीगंधा ने प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम पधारो म्हारे देश से समा बांध दिया रंग बिरंगी रोशनी के बीच कलाकार गाज़ी खान ने दमादम मस्त कलंदर की प्रस्तुती दी इस दौरान पर्यटन मंत्री ने कहा कि ब्रज क्षेत्र में पर्यटन के लिए सर्किट बनाया जा रहा है इसकी शुरूआत भरतपुर के डीग से कर दी गई है